शिमला में आज प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला से मैकलोडगंज तक रोपवे का निर्माण अगले वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा

जिसे अगले वर्ष मार्च तक प्ररा करने का लक्ष्य है इस बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक में बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए

आज पहले दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए अपने नामांकन दाखिल किए

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में कंपैक्ट व स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा नगर निगम शिमला को ये चार मशीनें प्रदान की गई हैं सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला शहर में अब टेकनोलोजी के माध्यम से साफ सफाई की जाएगी और देश के कई शहरो में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस इन मशीनों के माध्यम से शिमला शहर के कूड़े को उठाने के अलावा पानी की बोछारों से साफ सफाई की जाएगी वनमंत्री वन मंत्री राकेश पठानिया ने राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है और हिम केयर योजना सहारा और मुख्यमंत्री गृहिणी योजनाओं के माध्यम से सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया है वनमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे ध्रआं मुक्त घोषित किया गया है

प्रदेश भाजपा ने वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला के रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का जायजा लिया उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कल रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सर्वसम्मति से चयन पर बल दिया है शिमला में आज वर्चुअल माध्यम से जिला कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पदाधिकारी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के सर्वसम्मति से चयन के लिए मैदान से हट जाता है तो उसके राजनीतिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा राठौर ने कहा कि ये चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े अधिक से अधिक लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा